बरामद सभी शवों और मानव अंगों का डीएनए सैम्पलिंग और संरक्षण के सभी मानदंडों का पालन कर सीएचसी जोशीमठ जिला चिकित्सालय गोपेश्वर और सीएचसी कर्णप्रयाग में शिनाख्त के लिए रखा गया है कुछ शवों और मानव अंगों का का नियमान्सार धार्मिक रीति रिवाजों और सम्मान के साथ दाह संस्कार करा दिया गया है इस बीच स्रंग में फंसे लोगों को बचाने के प्रयास लगातार जारी हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव टीम एक द्रसरी सुरंग में प्रवेश कर गई है और उम्मीद की जाती है कि वहां फंसे हए लोगों को निकालने में सफल होंगे

इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं सुशील चंद्र तिवारी के पास जो तपोवन में मौजूद है

मिड डे मील की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अन्श्रवण समिति की बैठक में म्ख्य सचिव ने सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से मध्याहन भोजन योजना की लगातार मॉनिटरिंग करवाने को कहा

इसके अतिरिक्त उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को आपस में बेहतर समन्वय से कार्य करने और बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समय से खाद्य सामग्री की खरीद और पर्याप्त आपूर्ति करने के निर्देश दिये

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सम्बन्धित विभागों और एजेंसियों को लगातार सर्च अभियान जारी रखने के निर्देश दिये हैं एसडीआरएफ की उपमहानिरीक्षक रिद्धिमा अग्रवाल ने म्ख्य सचिव को बताया कि ऋषि गंगा में अवरूदध हए पानी की सुगम निकासी हो रही है अब पानी का स्तर बहत तेजी से घट रहा है और एक दो दिनों में पानी का स्तर सामान्य होने की संभावना है

यह अवार्ड उतराखण्ड को राज्यों की श्रेणी में ई मंत्रीमंडल के लिए दिया गया है शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के म्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को ई मंत्रीमंडल और उतराखण्ड ऑडिट मैनेजमेंट के लिये प्रस्कार प्रदान किये उतराखण्ड की ओर से यह प्रस्कार एनआईसी के एसआईओ के नारायण और संयुक्त सचिव गोपन विभाग ओमकार सिंह ने प्राप्त किये आपको बता दें कि नॉन प्रोफिट सोसायटी सीएसआई ई गवर्नेस में विभिन्न श्रेणियों में बेहतर कार्य के लिए अवार्ड देती है उत्तराखण्ड में ई कैबिनेट की पहल को ई गवर्नेस की दिशा में बड़ा कदम मानते हए अवॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है

विश्व रेडियो दिवस आज विश्व रेडियो दिवस है

इस साल के विश्व रेडियो दिवस का विषय है नई दुनिया नया रेडियो इसके तहत पूरे संकट काल के दौरान रेडियो के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को सामने लाया जाएगा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र ने विश्व रेडियो दिवस पर कहा कि रेडियो संचार का एक लोकप्रिय माध्यम होने के साथ ही सूचना और मनोरंजन का भी एक प्रमुख स्रोत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करने का एक अच्छा माध्यम है सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को श्भकामनाएं दी हैं श्री जावेडकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है

ऊर्जा निगम ने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है वहीं स्थानीय लोगों को बिजली न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अधिकतर गांव जंगल से सटे हुए हैं जिससे रात में जंगली जानवरों का डर बढ़ गया है सड़क सुरक्षा सप्ताह नई टिहरी शहर में सड़क सुरक्षा माह के तहत पूलिस और परिवहन विभाग ने दोपहिया रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया इस अवसर पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने सीट बेल्ट का प्रयोग करने मोबाइल फोन का प्रयोग न करने की अपील की मोटर वाहन अधिनियम में सरकार ने सख्त सजा का प्रावधान भी किया है एसएसपी तृप्ति भट्ट ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्याद मौतें सड़क द्र्घटनाओं में हो रही हैं जिसका बड़ा कारण यातायात नियमों का उल्लंघन करना है उन्होंने कहा कि सड़क स्रक्षा माह के तहत सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं